इसमें उपायुक्त कांगड़ा व चंबा के अलावा इन जिलों के खंड विकास अधिकारी भी भाग लेंगे कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है

दो आईपीएस अधिकारियों को अवकाश से लौटने तथा तीन अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा होने पर तैनाती दी गई है राज्यपाल के एडीसी मोहित चावला को पुलिस अधीक्षक शिमला राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को मंडी का पुलिस अधीक्षक डाक्टर के गोकुल चंद्रन को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर मानव वर्मा को लाहौल स्पीति अरूल कुमार को चंबा तथा अर्जित सेन ठाक्र को पुलिस अधीक्षक ऊना लगाया गया है केबिनेट रैंक राज्य सरकार ने प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती को छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है सरकार द्वारा उन्हें केबिनेट रैंक प्रदान किया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग द्वारा इस नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं वहीं त्रिलोक कपूर को हिमाचल वूल फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अधिसूचना सिरमौर ज़िले में आगामी शहरी निकायों के चुनाव के लिए वार्डों की अधिसूचना जारी कर दी गई है

उच्च शिक्षा निदेशक डाक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि दो घंटे की परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी गई है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

आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में बदले आईपीएस कई अधिकारियों को दी तैनाती

सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज के हवाले से आपका फैसला लिखता है एनपीए को कम करने के लिए कार्य योजना बनाएं सहकारिता विमाग की बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश